राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नेताजी सुभाष चन्द बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लालकिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उदघाटन किया संग्रहालय में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी कई वस्तुएं रखी हई हैं इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार पदक वर्दी के अलावा अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं

प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है कि संग्रहालयों का समूचा परिसर क्रांति मंदिर के रूप में जाना जाएगा इस अवसर पर राज्य में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने नेताजी को याद किया स्लग कैबिनेट जीएसटी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज माल एवं सेवाकर यानि जीएसटी के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए एक केंद्रीकृ त अपीलीय प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दिसंबर में हुई बैठक के दौरान एक केंद्रीकृत प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया था जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं यह जीएसटी पर निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई स्लग विमान देहरादून के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है

संस्थान ने इस उड़ान के लिए रक्षा मंत्रालय को जरूरी बायोफ्यूल उपलब्ध कराया है

संस्था में कार्यरत वैज्ञानिक अनिल सिन्हा ने बताया कि इस तकनीक को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है

गणतंत्र दिवस की उड़ान के लिए रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा के लिहाज से दस फीसदी जेट्रोफा तेल और बाकी हिस्सा सामान्य एयर फ्यूल इस्तेमाल करने का फैसला किया है बायो फ्यूल प्रोजेक्ट से जुड़े आईआईपी के वैज्ञानिक सलीम अख्तर फारूक का कहना है कि उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है

वाराणसी में आयोजित सम्मेलन में पांच हजार से अधिक भारतीय मूल के प्रवासियों ने भाग लिया राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ ही सम्मेलन संपन्न हो गया सम्मेलन में विदेश मंत्री स्षमा स्वराज विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ ही प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उपस्थित थीं स्लग बारिश और बर्फबारी प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी हुई जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की सूचना मिली है चमोली जिले में निचले स्थानों पर बारिश जबकि बद्रीनाथ हेमकृंड साहिब ग्वालदम जोशीमठ रामणी औली रुद्रनाथ रूपकुंड सहित ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ वहीं नैनीताल में आज सुबह ओले गिरने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई जिले के ऊंची चोटियों किलवरी सूपी घाना चूली मुक्तेश्वर पंगोट बंगड आदि क्षेत्रो में बर्फबारी भी हुई है चम्पावत जिले के विभिन्न स्थानों में कल से रुक रुक कर बारिश होती रही जिले के देवीधुरा एवतमाउंट मौल लेख नरसिंहडाडा समेत ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी हई और कई जगह ओलावृष्टि की भी खबर है बागेश्वर जिले में भी पिछले दो दिनों में बारिश और बर्फबारी हुई है जो फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक बारिश से गेहूं गन्ना मटर सरसोंचना सरसों की फसल को लाभ होगा बार्गेश्वर जिले के कृषि अधिकारी वीपी मौर्यें ने बताया कि ये बारिश रबी की फसलों के लिए प्राकृतिक खाद का कार्य करेगी घाटी तथा ऊंचाई वाले क्षेत्र में इससे लाभ होगा

वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आज भी कई जिलों में स्कूल बंद रहे कुछ सड़कों के बंद होने की भी सूचना है लेकिन सैलानी बर्फबारी का पूरा आनंद उठा रहे हैं स्लग कुमाऊं रेजीमेंट भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट के गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है

रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान के बहाद्र गढ़ द्वार से कदम ताल कर अंतिम पग भरने के बाद जोश से लबरेज युवाओं ने देश की आन बान और शान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की शपथ ली पासिंग आउट परेड की सलामी सेना के कमांडेन्ट ब्रिगेडियर जी एस राठौर ने ली उन्होंने उन सभी माता पिता का आभार प्रकट किया जो अपने बच्चों को देश सेवा के लिए समर्पित करते हैं इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव सैनिकों को सम्मानित भी किया गया

जिसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरु कर दी है भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने बताया कि अमित शाह यहां त्रिशक्ति सम्मलेन में भाग लेंगे

प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के चलते कल इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा था आज प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने परिवर्तन यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि दो दिन से हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण पार्टी को यात्रा स्थगित करनी पड़ी है

स्लग अरविन्द पाण्डेय प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को राहत मिलने जा रही है शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि अधिनियम के तहत प्रदेश में करीब तीन लाख बच्चों को निजी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क पढाई कराई जाती है जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करते हैं पिछले कुछ समय से निजी स्कूलों को ये धनराशि जारी नहीं हो पा रही थी लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच धनराशि जारी करने को लेकर सहमति बन गयी है शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद बजट जारी करने पर सहमति बन गयी है जल्द ही निजी स्कूलों को ये धनराशि जारी कर दी जाएगी